मुख्यमंत्री कल देहरादून के परेड ग्राउण्ड और चमोली के गम ााली गांव में ध्वजारोहण करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की श्भकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत हथकरघा उद्योग से चमोली के मंगरोली गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं नैनीताल उच्च न्यायालय ने प्रदे में गौवध और गौमांस की बिक्री पर लगाई रोक जानवरों के इलाज और उनकी देखभाल के लिए तीन सप्ताह के भीतर अस्पताल खोलने के भी दिए निर्दे स्वतंत्रता दिवस तैयारियां प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है

इस दौरान परेड ग्राउण्ड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री चमोली जिले में बाराहोती के नजदीक सीमांत गांव गमशाली में तिरंगा फहराएंगे यह गांव भारत चीन सीमा के पास है और यहां हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस बड़ी ध्रमधाम से मनाया जाता है संदेश राज्यपाल राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पाल और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने ऐसे नव भारत के निर्माण करने का आहवान किया है जिंसमें सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें उन्होंने कहा कि वर्तमान में आपसी भेदभाव को खत्म करना आजादी के नायकों के प्रति सच्ची श्रद्वांजलि होगी राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों और महान नायकों का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने देश के सैन्य बलों अर्द्वसैन्य बलों आंतरिक सुरक्षा में लगे अन्य बलों के साथ साथ पुलिस के जवानों और अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाए दी हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है

मौसम चंपावत जिले में भारी बारिश के दौरान पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर एक महिला की मृत्यु हो जाने की खबर है

एसडीआरएफ राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और तटबंध को ठीक करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं इस बीच जिला प्रशासन ने गांवों में अलर्ट जारी किया है उधर लगातार बारिश के कारण चमोली जिले के गोपेश्वर में जिला अस्पताल के पास स्थित सरकारी कालोनी में भूस्खलन हो रहा है जिसके कारण वहां रहने वाले आठ परिवारों पर खतरा बना हुआ है इन परिवारों को यहां से किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जा रहा है इस बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी बारिश से आज कुछ स्थानों पर राहत मिली और राजधानी देहरादून सहित कई जगहों पर मौसम साफ बना रहा जायजा बाढ़ से प्रभावित हए ऋषिकेश के गौहरी माफी गांव में देहरादून के जिलाधिकारी एस ए मुरुगेशन ने राहत कार्यों का जायजा लिया उन्होंने स्थानीय विद्यालय में बनाये गये राहत केन्द्र में लोगों के लिए रहन सहन खाने पीने और पेयजल की जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को क्षेत्र में नियमित रूप से आवश्यक दवाईयों सहित मेडिकल टीम तैनात रखने को भी कहा उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों को मानकों के अनुसार मुआवजा वितरण करने के निर्देश दिए निर्देश अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने जिले के सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे जिलाधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें यह निर्देश मानसून के दौरान आपदाओं की संभावना को देखते हुए दिए गए हैं जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बताया कि अगर कोई अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर जाता है तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसके वेतन पर रोक लगा दी जायेगी

हथकरघा उद्योग के जरिये स्थानीय लोगों ने न सिर्फ आजीविका अर्जित की बल्कि गांव की महिलाएं भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन रही हैं चमोली में भारत तिब्बत चीन सीमा पर एक छोटा सा गांव है मंगरोली

ये सभी परिवार हस्त शिल्प ऊनी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं

अब यहां स्थानीय लोगों के बनाए हए जैकेट कोट शॉल कालीन जैसे उत्पादों की देहरादून के बाजारों में भी अच्छी मांग है गांव के लोग जंगल से बिच्छू घास इकट्ठा करते हैं इन्हें कंडाली भी कहा जाता है फिर इससे रेशा बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है घास से रेशा निकालने और फिर उसे कातने तक का कार्य गांव की महिलाएं ही करती हैं इसके लिए संस्था के साथ ही हथकरघा बोर्ड की ओर से उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है

प्रतिबंध नैनीताल उच्च न्यायालय ने प्रदेश में गौवध और गौमांस की बिक्री पर रोक लगा दी है

अदालत ने प्रदेश के सभी सरकारी पशु अधिकारियों और चिकित्सकों को सभी आवारा मवेशियों का इलाज करने के निर्देश दिए हैं साथ ही न्यायालय ने जानवरों के इलाज और उनकी देखभाल के लिए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अस्पताल खोलने के निर्देश भी दिये हैं

इसके बाद आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाटा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर जिलाधिकारी डॉ आषीश चौहान ने स्थानीय लोगों से पेड़ पौधों की रक्षा के लिए योगदान देने का आवहान किया उन्होंने ग्रामीणों से पौधा रोपित क्षेत्र में पश्ओं को न चराने की भी अपील की क्रास कंट्री चमोली जिले के गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उददेश्य से क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया यह दौड़ सात आय़ वर्गो में आयोजित की गई जिसमें प्रथम तीन स्थानों पर रहने वालों को पुरस्कृत किया गया